श्री चौहान ने चीन और अमेरीका के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव का हवाला देते हुए कहा कि अमेरीका से आयातित सोयाबीन पर चीन द्वारा आयात शुल्क पच्चीस प्रतिशत किये जाने से चीन में सोयाबीन की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही है जिससे वहां भारत का सोयाबीन आयात किये जाने की संभावनाएं बढ़ गई है श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश सोयाबीन प्रदेश होने के नाते चीन को सोयाबीन निर्यात करने की स्थिति में है इससे प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव मिलेगे और उन्हें अधिक मुनाफा होगा उन्होंने बताया कि भारत से निर्यात होने वाले सोयाबीन डीओसी में छियालीस प्रतिशत प्रोटीन है जो अन्य देशों के सोयाबीन की तुलना में अधिक है श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से चीन को सोयाबीन निर्यात किये जाने के बारे में शीघ्र निर्णय लिये जाने का आग्रह किया उन्होंने इस बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वित्त मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रमु से भी मुलाकात की शिवराज रथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में जनआशीर्वाद यात्रा के लिये भाजपा कार्यालय में यात्रा रथ की पूजा की जनआशीर्वाद यात्रा की शुरूआत कल उज्जैन से होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रथ को रवाना करेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सात सौ सभाएं करेंगे

राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई समिति की पहली बैठक में तय किया गया इसके बाद यह कार्यशालायें लखनऊ पटना गुवाहाटी और हैदराबाद में भी आयोजित की जायेंगी बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सहित नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिताभ कांत और नीति आयोग और राज्यों के अधिकारी मौजूद थे समिति के अध्यक्ष श्री चौहान ने बिहार और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की पश्चिम बंगाल और आंधप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समिति को पत्र के माध्यम से सुझाव प्रेषित किये श्री चौहान ने बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण मूमिका है पुरातात्विक फोटोग्राफी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण में अजन्ता गुफा लेह पेलेस और ताजमहल को छोड़कर केन्द्र संरक्षित समी स्मारकों और धरोहर स्थलों के अन्दर फोटोग्राफी की अनुमति दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय प्रातात्विक सर्वेक्षण के नये मुख्यालय धरोहर भवन के उदघाटन अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा था कि पर्यटकों को धरोहर स्थलों और स्मरकों में चित्र लेने से मना करना विचित्र है जबकि आधुनिक युग में काफी दूरी से छोटी से छोटी चीजों की भी तस्वीर ली जा सकती है सोशल मीडिया उच्चतम न्यायालय ने ऑनलाइन डाटा की निगरानी रखने के लिये सोशल मीडिया संचार हब बनाने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार लोगों के वॉट्सएप संदेशों की जानकारी इकट्ठा करना चाहती है न्यायालय ने इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है न्यायालय ने सरकार के फैसले को चुनौति देने वाली तृणमुल कांग्रेस विधायक की याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है और इस मामले में ऑटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की मदद मांगी है मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है

आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों में विशष बदलाव के आसार नहीं है